सोमवार को नई दिल्ली में होगा आयोजन

कानून विरोध जबलप्र में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हए प्रदर्शन के बाद आज हालात नियत्रण में हैं कल प्रदर्शन के दौरान पथराव की घटना के चलते शहर के चार थानों क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया था

वहीं जबलप्र में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आज आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गयी इसके अलावा स्कूल व आंगनवाडी केंद्र भी आज बंद रहे इधर भोपाल में जिला कलेक्टर तरूण पिथोड़े ने नागरिकों से अपील की है कि वे शहर में शांति और सदभाव को बनाये रखे किसी असामाजिक तत्व के बहकावे में न आये प्रशासन और पूलिस ने भोपाल में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किये हैं भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने भी लोगों से शांति की अपील की है आज मीडिया से बात करते हुए श्री नदवी ने कहा कि आंदोलन अमन और शान्ति के साथ होना चाहिये

उधर सतना सांसद गणेश सिंह ने नागोद में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता देने के लिये है ना की किसी की नागरिकता छीनने के लिये

पार्टी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में भोपाल में प्रदर्शन किया जाएगा यह आंदोलन रोशनपुरा चौराहे स्थित नेहरू जी की प्रतिमा से राजभवन तक अनुशासनात्मक और क्रमबद्ध तरीके से शांति मार्च किया जायेगा

तो आईये आज जानते हैं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फैली एक और भ्रान्ति और उसकी असलियत के बारे में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आम लोगों में काफी भ्रम है जानना जरूरी है के जरिए सर्वप्रथम हम ये पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहते है कि नागरिकता संशोधन कानून किसी भी भारतीय नागरिक को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है भारतीय नागरिकों को संविधान से जो मूलभूत अधिकार हासिल है उन्हें यह या अन्य कोई कानून न तो छीन रहा है ना ही वापस ले सकता है फाल्के पुरस्कार उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् सोमवार को अभिनेता अमिताभ बच्चन को फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए सिनेमा क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के प्रस्कार प्रदान करेंगे

इस समारोह में भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वाली कई फिल्मी हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा प्रस्कार वितरण के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे समारोह के आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं जन जागरूकता सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक सम्पर्क ब्यूरो द्वारा आज देवास जिले के ग्राम सिंगावदा मे एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया इस अवसर पर ग्रामीणों को राष्ट्रीय एकता आपसी सद्भाव भाई चारा बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की गई इस मौके पर क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो इंदौर के सहायक निदेशक मध्कर पवार ने विस्तार से स्वच्छता के क्षेत्र में किए गए कार्यो की जानकारी दी कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने राष्ट्रीय एकता की शपथ भी ली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

उनका आज तड़के भोपाल में निधन हो गया था

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने श्री शर्मा के निधन पर दःख व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष और विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हए श्रद्धांजलि अर्पित की है पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गृहमंत्री बालाबच्चन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील के साथ ही पक्ष और विपक्ष के अनेक नेताओं ने श्री शर्मा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है बाल अधिकार बेंच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आगामी सोमवार को खंडवा में बेंच कैंप का आयोजन किया जाएगा इस दौरान बाल श्रम बाल हिंसा बाल भिक्षावृत्ति तथा बच्चों से जुड़े हए समस्त प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी इस शिविर में सभी विभागों के जिला प्रमुखों द्वारा बच्चों से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई कर त्वरित निराकरण किया जाएगा

पीठ के सदस्यो ने जहॉ दिव्यांगो को मौके पर ही विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत लाभान्वित करवाया वही पास्को एक्ट के एक प्रकरण में दोषी पर एफआईआर करवाने के निर्देश दिए एक दिवसीय आयोजन विद्यार्थियों में रचनात्मक मानसिक विकास और उनमें सामाजिक कर्तव्यों के लिये सजगता पैदा करने के उद्देश्य से द इवेंट्स ऑफ बोट संस्था कल भोपाल के इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में एक दिवसीय शिक्षाप्रद व सुजनात्मक सांस्कृतिक आयोजन कर रही है

मौसम पिछले चार दिनों से भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में पड़ रही कड़ाके की सर्दी में कमी आई है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हवाओं का रूख दक्षिण पूर्वी होने से तापमान में गिरावट थम गई है

वहीं दिन में भी तापमान बढ़ोतरी पर रहा अधिकांश जिलों में चमकदार धूप खिलने और सर्द हवाओं की रफतार कम रहने से सर्दी में कमी महसूस की गई मौसम केन्द्र ने बताया है कि अगले दो से तीन दिनों में आसमान में बादल छाये रहने की आशंका है बादलों के छटने के बाद सर्दी के तेवर एक बार फिर से बढ़ सकते हैं शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी आज ध्रप खिलने लोगों को सर्दी से राहत मिली है वहीं प्रदेश के सीधी उमरिया खजुराहो नौगांव और दमोह में अभी भी कड़ाके की सर्दी महसूस की जा रही है

नमस्कार